उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा लाए गए सुधारों से देश में किसानों को लाभ मिलना शुरू हो गया है उन्होंने कहा कि आईटी क्षेत्र के इस्तेमाल से सरकार किसानों के लिए उपयोगी जानकारी के प्रसार के लिए संचार के आध्रनिक साधनों का उपयोग कर रही है देश में किसानों के डेटा बैंक बनाए जाने के बारे में कृषि मंत्री र्न कहा कि इसका उपयोग किसानों को मृदा स्वास्थ्य के बारे में सूचित करने बाढ़ की भविष्यवाणी और कृषि क्षेत्रों के भूमि रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए किया जाएगा केन्द्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य कृ षि को लाभप्रद बनाने के साथ ही किसानों के लिए आय सुनिश्चित करना है

इस दौरान जिले में सौ नए कोविड और बीस टीबी के मामले सामने आए हैं इस अभियान से जिले में कोविड टीबी और कृष्ठ रोग सहित अन्य गैर संचारी रोगों से ग्रसित रोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है जिससे उनका समय पर इलाज किया जा सके स्क्रीनिंग के दौरान अभी तक जो भी लोग कोरोना और टीबी से ग्रस्त पाए गए हैं उनका उपचार स्वास्थ्य विभाग ने शुरू कर दिया है

प्रदेश की उचित मूल्य की द्रकानों में राशन के अलावा कपड़ा कॉपी साबुन और स्टेशनरी का सामान भी उपलब्ध रहेगा

राज्य खाद्य आपूर्ति निगम की निदेशक मंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है खाद्य नागरिक एवं उपमोक्ता मामले मंत्री राजेंद्र गर्ग ने बताया कि प्रदेश के डिप्ओं में बिना सब्सिडी के भी सामान दिया जाएगा

योजना के माध्यम से पक्का मकान निर्माण करने के लिए पात्र व्यक्ति के मकान की जिओ टैगिंग होने के बाद धनराशि लाभार्थी के बैंक खाते में मुहैया करवाई जाएगी

उपमंडलाधिकारी अमित मेहरा ने कहा कि पक्का मकान निर्माण करने के लिए पात्र के पास कहीं भी अपना कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए जिस भूमि पर मकान का निर्माण कार्य प्रस्तावित है वह भूमि लाभार्थी के नाम होनी चाहिए अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है

दिव्य हिमाचल की सुर्खी है सोलन के बरोटीवाला में चली अंधाधुधं गोलियां

कर्नल ने जगाई सेना में भर्ती की उम्मीद शीर्षक से दैनिक जागरण लिखता है इस साल कोरोना के कारण भर्ती न होने से कई युवा रहे वंचित कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए बदलेगी वोंटिग प्रकिया शीर्षक से हिमाचल दस्तक ने लिखा है आखिरी घंटे में डालेंगे वोट अंगुली पर नहीं लगेगी स्याही दैनिक भास्कर की एक खबर है स्पिति में दिखी विलुप्त हो चुकी हिमालयन सिरो

नमस्कार